एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी

उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवाये और हम सब मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनायें

दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जायेगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को खुद वहन करना होगा विधानसभा प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज दो दिवसीय अवकाश के बाद दोपहर बाद दो बजे शुरू होगी पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए गतिरोध से आज भी सदन में हंगामे की उम्मीद है सदन की कार्यवाही शोकोद्गार के साथ शुरू होगी बीते सत्र के बाद सात पूर्व सदस्यों और वर्तमान विधानसभा के विधायक सुजान सिंह पठानिया के निधन पर मुख्यमंत्री शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे प्रश्नकाल व अन्य शासकीय कार्यों के साथ आज सदन में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा इसके अलावा दो विधेयक प्रस्तुत किये जाएंगे और उसके उपरांत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व चर्चा शुरू होगी प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना ने बीते तीन दिनों से एकाएक गति पकड़ी है

स्कूल प्रदेश के कांन्वेंट स्कूलों में आज से छठी से बारहवीं कक्षा के बच्चों की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं इन स्कूलों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी के तहत स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है इसके अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से भी विद्यार्थियों को दिशा निर्देश जारी किये गए हैं बच्चों को अपने साथ सेनेटाइजर और पानी की बोतल लाने के निर्देश दिए गए हैं स्वच्छता बिलासपुर ज़िला प्रशासन ने लुहणू मैदान और गोविंद सागर झील के किनारे कल सफाई अभियान चलाया ये अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है बजट सत्र के दूसरे दिन आज हंगामे के आसार अमर उजाला का शीर्षक है नेता प्रतिपक्ष मुकेश की जगह आशा सुक्ख् संभालेंगे मोर्चा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार शुक्रवार के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही चलाना होगी चुनौती दैनिक भास्कर ने लिखा है दो दिन के अवकाश के बाद आज बैठेगा सदन हंगामे को हैं आसार एफआईआर मामले पर विपक्ष हो सकता है आक्रामक अजीत समाचार के मुताबिक दो दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर बाद शुरू होगी बजट सत्र की कार्यवाही

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है चाहे जेल में डाल दो आवाज उठाता रहूंगा वहीं सुखविंद्र सुक्खू के हवाले से डेमोक्रेसी हिमाचल ने शीर्षक दिया है विधानसभा में हंगामे पर मंत्रियों व विधानसभा उपाध्यक्ष पर दर्ज हो मामला